राज्य आ दा मोचन बल के जवानों और गोताखोरों ने सात लोगों को बचा लिया ह यह बस सीधी से सतना जा रही थी

मुख्यमंत्री ने कबिनेट बठक के पूर्व सम्बोधन में सीधी बस हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि बस अनियंत्रित होकर बाणसागर नहर में गिर गई थी

घटना स्थल र डॉक्टर तथा एम्ब्लेंस सहित सहायता की सभी व्यवस्थाएँ भी की गई हैं

जो आत्म निर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में महत्व ूर्ण उ लब्धि होगी इन केन्द्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन की स्विधा मिल सकेगी मंत्री डॉ यादव मिन्टो हॉल भो ाल में मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविदयालय एवं शासकीय महाविद्यालयों के अन्बंध समारोह को संबोधित कर रहे थे

जिसमें सांसद छतरसिंह दरबार भी शामिल हुए वही कल से शनिवार तक मातृशक्ति सम्मेलन भजन संध्या गुरु आरती कवि सम्मेलन सहित अनेक आयोजन होंगे खंडवा जिले में भी बसंत ांचमी ांर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए

भो ाल स्थित त्लसी मानस प्रतिष्ठान के तत्वावधान में बसंत चमी के अवसर र बसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया सतना जिले के रामबन में आज से ांच दिवसीय बसंत मेला प्रारंभ हो गया वहीं जिले के बिरसिंह र में गड्डी नाथ धाम में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले बसंत ंचमी का मेला भी आज से शुरू हुआ

उन्होंने मौके र ही सर्वे करने के आदेश भी दिए